उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोसाप के मांगो के विरुद्ध नही है सिर्फ इतना कहा कि उनकी मांगो को वन गो मे पुरा नही कर सकते है उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार उनकी मांगो को चरण बद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा ये बात श्री खांडू ने कल वेस्ट कामेंग जिले के कलकथांग में जन सभा को संबोधित करते हुए कहा इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में कई बुनियादी परियोजनाओ की आधारशिला भी रखी श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार पेन डाउन टूल डाउन अड़ताल के चलते डाइस नन और यहा तक सर्विस ब्रेक पर सी सी एस नियमों को कड़ाई से लागू करेगी उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने में भी संकोच नही करेंगे भले ही वह हजारो की संख्या मे हो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन पदो को भरने के लिए बेरोजगार युवाओ की ताजा भर्ती के लिए हमेशा तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो हजार बाइस तक सबको अपना मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है उन्होंने कहा कि समाज के सबसे गरीब लोगो को मकान उपलब्ध कराना गरीबी उन्मूलन की दिशा में पहला कदम है वे आज महाराष्ट्र के शिरडी में साई परिसर में विभिन्न परियोजनाओ के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्ष में उनकी सरकार ने समाज के निर्धन और मध्यवर्ग को अपना मकान देने के हरसंभव प्रयास किए है श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ढाई लाख से अधिक लाभान्वितों को मकान की चाबियां सौपी उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरकार किसानों के लिए ऐसा माहौल बनाने की लगातार कौशिश कर रही है जिसमें उन्हें अपनी फसल का समुचित मूल्य मिल सके

आधिकारिक सूत्रो के अनुसार टशहरे पर रावण ट्डन देखने के लिए एकव कुछ लोग रेल एटरियो पर आ गये और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन से कुचले गये इस हादसे पर देश भर में शोक की लहर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनौर और कई अन्य नेताओ ने शोक संवेदना प्रकट की है प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मारे गये लोगो के परिवार के लिए दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए पचास हजार रुपये सहायता राशि की घोषणा की है उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जरुरी मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिये है

श्री प्ररी कल शाम राजधानी ईटालगर में अपने मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमो की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पासीघाट और ईटानगर बाढ़ और चट्टानो के खिसकने जैसी प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित होने वाले शहर है और स्मार्ट सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय इन समस्याओ का ध्यान रखा जा सकता है श्री पुरी ने कहा कि स्मार्टसिटी के निर्माण के लिए अत्याध्रनिक टैक्नोलाँजी उपलब्ध कराई जाएगी और सुरक्षा का प्ररा ध्यान रखा जाएगा आवास और शहरी कार्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र के मुख्य कार्यक्रमो पर अमल पर संतोष व्यक्त किया

मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ कल हुई बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश फुटबाँल संघ के अध्यक्ष ताकम संजोय ने यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने सत्ताइस सालो में राज्य में पहली बार होने वाली फुटबाँल प्रतियोगिता के लिए पूरा सहयोग और सहायता देने का आश्वासन दिया है

अभियान के दौरान वनविभाग छात्रो और अन्य स्थानीय संगठनो ने मिलकर विभिन्न प्रजाति के पौधारोपण किए रिपोर्ट के अनुसार लगातार वनो की कटाई से क्षेत्र में मिश्मी हुलाँक गिब्बन की जनसंख्या में भारी गिरावट का एक मुख्य कारण है

तवांग विधायक सेरिंग ताशी ने हाल ही में महोत्सव की तेयारियो का जायजा लिया और इसकी सफलता के लिए महोत्सव का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया

आज का अधिकतम तापमान इकत्तीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार